आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहंच रहा है उन्होंने कहा कि जब सभी देशवासी स्वदेशी वस्त्ओं पर गर्व महसूस करने लगते हैं तो आत्म निर्भर भारत अभियान राष्ट्रीय चेतना बन जाता है उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश में भारत में बने तेजस लड़ाक् विमानों के करतब देखकर देशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था इसी तरह मेड इन इंडिया टैंक स्वदेश में निर्मित मिसाइलें मेट्रो ट्रेनों के डिब्बे और कोराना महामारी इलाज के लिए स्वदेश में बने टीकों ने भी देश का स्वाभिमान बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों से ही भारत आत्म निर्भर नहीं होगा बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा हस्तशिल्प वस्त्ओं इलेक्ट्रिोनिक सामान और मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी आत्म निर्भर बनना होगा प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय एक अभियान श्रू करने जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मई जून के महीने में देश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा श्रू हो जाती है और जल शक्ति अभियान के तहत लोगों को मौज़दा वर्षा जल संचय प्रणालियों की सफाई और मरम्मत के लिए कमर कस लेनी चाहिए हर गांव में तालाबों और पोखरों की सफाई भी की जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सकल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च में वे परीक्षा पे चर्चा करेंगे उन्होंने सभी परीक्षा योद्वाओं माता पिता और शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभव और टिप्स माईगॉव प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी ऐप पर साझा करें इस बार नौजवानों के साथ साथ माता पिता और शिक्षकों को भी परीक्षा पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है अब तक एक लाख से अधिक विदयार्थियों करीब चालीस हजार माता पिता और दस हजार से अधिक शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया है

यह दिवस प्रतिवर्ष अड्डाइस फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसी दिन भौतिकी विज्ञानी चन्द्रशेखर वेंकट रामन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी जिसके लिए वर्ष उन्नीस सौ तीस में उन्हें नोबल प्रस्कार से सम्मानित किया गया था इस वर्ष का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव

शनिवार को अंतीम तीन कोविड मरीज भी स्वस्थ हो गए है इसके साथ ही अरुणाचल में सक्रिय कोरोना मामले शुन्य हो गए है राज्य में इस वायरस से अब तक छप्पन लोगो की मृत्यु हो चुकी है

श्री क्मार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एन डी आर एफ और प्रस्तावित राज्य डिजस्टार रेसपोन्स फोर्स का दौरा किया इस दौरान उन्होंने होलोंगी स्थित न्य् ग्रीण फिल्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के स्थिती की रिपोर्ट भी ली आपदा प्रबंधन सचिव दानी सुल् पाप्म पारे जिला उपायुक्त पिगे लिग् और अन्य आला अधिकारी इस दौरे में म्ख्य सचिव के साथ थे

जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह की उपस्थिती में शनिवार को एक बैठक के दौरान इस घोषणा पत्र भी हस्ताक्षक किया गया इस अवसर पर डॉ सिंह ने गाँव वालो को थैलिया दी जिसमें वे कचरे को प्ण इस्तेमाल के लिए एकत्र पाऐंगे उन्होंने गाँव वालो से ठोस कचरो को थैलिया में भरने और थैली भर जाने पर प्रिंटेट फोन नम्बर पर फोन करने को कहा डॉ किन्नी ने बताया कि रीसायकलिंग पार्टनर ग्रीण स्क्वाड आकर भरे थैलिया को ले जाऐंगे और उन्हें नई थैली दे जाऐंगे पासिघाट बागवानी और वानिकी कॉलेज गाँव वालो को किचन और जैविक कचरे से वार्मिकोम्पोस्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण देने में सहयोग करेंगे

प्राइवेट अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति टीका दो सौ पचास रूपये ले सकेंगे दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह टीका निश्ल्क लगाया जाएगा जबकि लगभग बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का श्ल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केन्द्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी